राजनीतिक रणनीति को लेकर किया जायेगा गहन विचार विमर्श

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज पटना में बैठक हो रही है जिसमें राजनीतिक रणनीति को लेकर गहन विचार विमर्श किया जायेगा बैठक की अध्यक्षता जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश क्मार करेंगे इस बैठक में जदयू संगठन के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी का चयन होगा और पार्टी के सांगठनिक चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा होगी इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी वही कल पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू सिर्फ बिहार में एनडीए का घटक दल है दूसरे राज्यों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि चलाने के लिये वह स्वतंत्र है उन्होंने कहा कि अरूणाचल प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव में जदयू स्वतंत्र ढंग से लड़ा था जहां जदयू के जीते हुये सात विधायकों के क्षेत्र में ही भाजपा दूसरे नम्बर पर थी मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड में पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी जहां विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है कृषि विभाग ने कहा है कि जिन किसानों के धान के पौधे सूख जायेंगे बिहार सरकार उन्हें मुफ्त में नया पौधा देगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इसके लिये सभी प्रखंडों में दो कलस्टर में सामुदायिक धान का पौधा लगाने का निर्णय किया गया है बिचड़ा किसानों की जमीन पर ही लगेगा लेकिन इसके लिये मदद सरकार करेगी जिसमें एक एकड़ पर किसानों को सात हजार तीन सौ चालीस रूपये दिये जायेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि बिचड़ा लगाने के लिये छोटे किसानों का पहले चयन किया जायेगा उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों और किसानों से विचार विमर्श करने के बाद ही धान के किस्मों का चयन किया जायेगा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपये का लाभ देने का निर्णय किया है इस निर्णय से चौदह करोड़ पचास लाख किसानों को लाभ होगा चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों को यह लाभ देने का फैसला किया गया था संशोधित और विस्तारित निर्णय अधिसूचित करते हुए कोन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है प्रदेश के माध्यमिक और प्लस टू विद्यालयों में अड़तालीस हजार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी इसके लिये अगले महीने शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि परीक्षा का कार्यक्रम तय कर लिया गया है और इसे जल्द ही जारी कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि इस भर्ती में पंचायतों में अपग्रेड किये गये माध्यमिक और प्लस टू स्कूल के उन्नीस हजार पद शामिल हैं श्री महाजन ने कहा कि इसके साथ ही राज्य के तीन हजार एक सौ छह हाई स्कूलों में जुलाई माह से स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जायेगा उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को अपने अपने जिलों के चयनित स्कूलों में इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि छात्र डाउनलोड किये गये अंकपत्र से भी इंटरमीडिएट में नामांकन करा सकेंगे समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि विभिन्न बोर्डो के छात्रों को अभी अंकपत्र नहीं मिला है जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है नामांकन कराने वाले छात्रों को एक समयसीमा दी गयी है जिसके अंतर्गत वे अंकपत्र जमा कर सकेंगे रिश्वत मामले में गिरफ्तार पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह के दस करोड़ रूपये से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है अभियंता के घर की तालाशी के दौरान निगरानी विभाग के अधिकारियों को लाखों रूपये के जेवरात के अलावा जमीन मकान और वाहन की जानकारी मिली है इसके साथ ही पटना से नोएडा तक मकान फ्लैट और जमीन के अलावा वित्तीय निवेश के भी कागजात मिले हैं प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इन संपत्तियों की कीमत दस करोड़ रूपये से अधिक आंकी गयी है राज्य में चौदह सौ पैंतीस पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जायेगा इस निर्माण की देखरेख मूखिया करेंगे पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने बताया कि राज्य में हर छह पंचायतों का एक समूह बनाया गया है जिसके लिये इन भवनों का निर्माण कराया जा रहा है दानापुर में रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य के कारण मुम्बई और प्रणे जाने के लिये यात्रियों को बिहटा से ट्रेन पकड़नी होगी वहीं कटिहार बरौनी रेलखंड के सेमापुर और काढ़ागोला रोड तथा बखरी के बीच रेलवे ढाला पर आज अंडर पास सड़क निर्माण के कारण ट्रेनों का परिचालन छह घंटे तक बंद रहेगा रेलवे के सूचना और जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सूबह दस बजे से छह घंटे के लिये कटिहार बरौनी रेलखंड पर परिचालन बंद रहेगा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में लंदन के ओवल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा मैच दिन के तीन बजे शुरु होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल ढाई बजे से राजधानी और एम रेनबो तथा डीटीएच हिंदी पर सुना जा सकता है उधर ओडिशा के कटक में चल रही नेशनल सब जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने मणिपुर को एक के मुकाबले तीन गोलों से पराजित कर दिया बिहार की टीम कल अपना अगला मैच दिल्ली से खेलेगी वहीं नौवीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पटना भोजपुर मूंगेर और मूजफ्फरपूर की टीमों ने अपने अपने मैच जीत कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है मुजफ्फरपुर जिले में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से कल चार और बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया अस्पताल प्रशासन के अनुसार पंद्रह नए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज किया जा रहा है अब तक पच्चीस बच्चों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पंजरकटा गांव में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एक मकान से छियालीस किलोग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है बरामद गांजे की कीमत लगभग अठारह लाख चालीस हजार रुपये बताई जा रही है पटना कोतवाली पुलिस ने महावीर मंदिर जीपीओ और सीटी सेंटर से नशे की हालत में ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया राजधानी पटना समेत राज्य के आठ जिलों में सड़कों के जीर्णोद्वार के लिये पथ निर्माण विभाग ने लगभग तीन सौ सत्तर करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति दी है इस राशि से गया पूर्वी और पश्चिमी चंपारण बक्सर रोहतास नवादा तथा भागलपुर में सड़कों की मरम्मत की जायेगी राज्य में बारह जिलों के दो लाख हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है जल संसाधन विभाग के अनुसार पंद्रह जून तक बची योजनाओं को पूरा कर दिया जायेगा राज्य में अगस्त सितंबर माह में होने वाले पैक्स चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गयी है इसके लिये उप विकास आयुक्त नोडल पदाधिकारी और जिलाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है राज्य परिवहन विभाग बारह जून से राज्य में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को सीएनजी में बदलने का काम शुरू करेगा विभाग के सचिव ने बताया कि सीएनजी इंजन बदलने के लिये विभाग ने छह कंपनियों को लाइसेंस दिया है अखबारों की सुर्खियां अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में बारह दिन बाद मॉनसून दैनिक जागरण ने लिखा है रिश्वतखोर इंजीनियर के घर में नकद मिले दो दशमलव तीन छह करोड़ रूपये दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से शीर्षक दिया है केंद्र सरकार में जदयू के शामिल होने का चैप्टर क्लोज प्रभात खबर ने एक सौ बारह किलो कमल से पीएम का तुलाभारम की खबर को बड़ी सुर्खी बनाया है आज अखबार ने स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे स्क्रीन पर पढ़ायेंगे शिक्षक को बड़ी खबर बनाया है

राजनीतिक रणनीति को लेकर किया जायेगा गहन विचार विमर्श